केन्द्रीय कृषि मंत्री करेंगे बात

और राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र किसानों द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों का खुले मन के साथ सही हल ढूंढने के सभी प्रयास कर रहा है श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छुक है उन्होंने पत्र में लिखा कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे किसानों के नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया था इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी इधर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर एक दो दिन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं पश्चिमी उत्तर पदेश के किसानों ने नये कृषि कानूनों का समर्थन किया है हिन्द मजदूर किसान समिति एचएमकेएस के एक शिष्टमंडल ने केन्द्रीय क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट की और नये कृषि कानूनों के समर्थन के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया समिति के सचिव सतीश ने कहा कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उनका संगठन इन कानूनों का पूरी तरह समर्थन करता है उन्होंने कहा कि ये कानून बिचौलियों से किसानों का शोषण समाप्त करने में मददगार होंगे उन्होंने बताया कि एचएमकेएस ने नये कानूनों में कुछ संशोधन करने का सुझाव सरकार को दिये हैं इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद जारी रखना सुनिश्चित करने का सुझाव शामिल है हिन्द मजदूर किसान समिति सातवां किसान संगठन है जिसने कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन किया है इससे पहले हरियाणा उत्तराखंड महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लद्दाख सहित महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों पर तैनात सैन्य इकाइयों की आपूर्ति ठप करने का आरोप लगाया है विपक्ष पर आंदोलन भड़काने का आरोप लगाते हुए श्री राय ने कहा कि सरकार युक्तिसंगत मांगों पर विचार करने को तैयार है लेकिन निहित स्वार्थी तत्व किसानों को गुमराह कर रहे हैं कल पटना में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा में श्री राय ने नए कृषि कानूनों का पूरा बचाव किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के साथ हैं इसलिए किसानों को कोई नहीं ठग सकता प्रदेश में कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव चार चार प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख चालीस हजार नौ सौ पंद्रह मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में कोविड उन्नीस के सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार नौ सौ छिहत्तर है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड उन्नीस के पांच सौ निन्यानवे नये मामले सामने आये हैं पटना में सबसे अधिक दो सौ तिरपन मामलों की पुष्टि हुई है वहीं सारण में छत्तीस मूजफ्फरपूर में पैंतीस लखीसराय में छब्बीस और बेगूसराय में पच्चीस मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है एक दिन में पांच मरीजों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या एक हजार तीन सौ बावन हो गयी है राज्य में अब तक एक करोड़ इकहत्तर लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं इधर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को कोरोना संक्रमित होने के बाद पटना एम्स में भर्ती कराया गया है श्री मांझी नौ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुये थे तब से वे होम आईसोलेशन में थे आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कपड़े से बने मास्क लगाने का महत्व बताया उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बेहतर परिणाम के लिए कपड़े के मास्क को साबुन या डिटर्जेंट से धोना चाहिए

स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की आज सुबह बैठक हो रही है इसमें ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने की खबर पर चर्चा होगी भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि एच ओ फ्रिन के भी इस बैठक में शामिल होने की संभावना है श्री ओ फ्रिन संयुक्त निगरानी समूह के सदस्य भी हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि नए रूप में तेजी से फैल रहा वायरस सत्तर प्रतिशत अधिक संक्रामक है बोधगया में विश्व विरासत स्थल महाबोधिर मंदिर आज से दोबारा खुल रहा है महा बोधि मंदिर सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक खुलेगा बोधगया मंदिर प्रबंधक समिति ने श्रद्दालुओं को अस्सी फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है बौद्धविहार कोविड महामारी के कारण पिछले तेईस मार्च से बंद था केन्द्र सरकार ने पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अगले वर्ष अट्ठाईस फरवरी तक बढ़ा दिया है कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जीतेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दी गई है राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में हैं सुबह से ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है मौसम विभाग ने बर्फीली हवाओं की गति में तेजी आने से पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया है कि अगले दो दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की सम्भावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान सात दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा ठंड को देखते हुये जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गयी है कोहरे के कारण से अधिकांश भागों में दृश्यता में कमी आयी है ट्रेन सड़क और विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है प्रदेश में नये निकायों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है पटना सहित राज्य के पच्चीस से अधिक जिलों ने नये निकायों के लिए प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजे हैं इनमें नये नगर पंचायत के गठन क्षेत्र विस्तार और नगर पंचायतों का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद बनाये जाने के प्रस्ताव शामिल हैं राज्य में सत्तर से अधिक नई नगर पंचायतें बनाने की तैयारी है जबकि बीस से अधिक निकायों का क्षेत्र विस्तारित किया जायेगा कोरोना संक्रमण को देखते हये राज्य के सभी न्यायालय में वीडिया कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई होगी राज्य सरकार ने इसकी पूरी नियमावली तैयार कर दी है विधि विभाग ने इससे संबंधित गजट भी प्रकाशित कर दिया है इससे पहले पटना हाई कोर्ट के अलावा नीचले स्तर के कुछ न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की गयी थी राज्य में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं करवाने वाले इक्कीस जिलों के अधिकारियों का वेतन और मानदेय रोक दिया गया है साथ ही इन सभी अधिकारियों से जवाब मांगा गया है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने बताया है कि इन सभी के स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी राष्ट्रीय जनता दल की आज पटना में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जा रही है विधानसभा चुनाव के बाद होने वाली पार्टी की इस पहली बैठक में चुनावी हार के कारणों की समीक्षा के साथ ही किसान आंदोलन सहित कई विषयों पर चर्चा होगी राज्य सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज के लिए अंचलाधिकारियों को कैंप लगाने का निर्देश दिया है पटना के जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए एसडीओ एसडीपीओ को बैठक करने की जिम्मेदारी दी है और दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी दिया है बक्सर जिला पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए जालसाजी करने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार जालसाजों के पास से सत्ताईस एटीएम कार्ड एक रेड इलेक्ट्रानिक डिवाइस छह मोबाइल एक लैपटाप और भारी मात्रा में शराब बरामद की गयी मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव में अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से दो बच्चों की मौत हो गयी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने ज्वाइंट एन्ट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन दो हजार इक्कीस के पैटर्न में बदलाव किया है जेईई मेन के आवेदन फार्म में ही इंजीनियरिंग के साथ साथ बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए भी अभ्यर्थी फार्म भर सकते हैं बी आर्क और बी प्लानिंग वाले विद्यार्थियों को दोनों शिफ्ट की परीक्षा में शामिल होना होगा साथ ही उन विद्यार्थियों को फार्म भरने का मौका मिल सकेगा जिन्होंने बारहवीं में साइंस की पढ़ाई नहीं की है लेकिन गणित विषय को विकल्प के रूप में चुना है इधर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद ने सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए दूसरे चक्र की काउंसिलिंग की घोषणा कर दी है काउंसिलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू होगी बिहार क्रिकेट संघ के तत्वावधान में खगड़िया और भागलपुर में खेले जा रहे अंतर जोनल टी टवेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट में मगध चम्पारण अंगिका और सीमांचल की टीमें सेमीफाईनल में प्रवेश कर गयी है इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाईनल मुकाबला अंगिका जोन और मगध जोन के बीच होगा जबकि दूसरा मुकाबला चम्पारण जोन और सीमांचल जोन के बीच खेला जायेगा खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेले इंडिया यूथ गेम्स दो हजार इक्कीस में चार लोक खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है इनमें मलखम्भ थांग ता गतका और कलारीपयट्टू शामिल हैं केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजीजु ने इन खेलों को शामिल करने के बारे में कहा कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता इन खेलों को संरक्षित करने बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने की है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 दैनिक जागरण ने कृषि कानून की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हये लिखा है किसानों से फिर होगी बात सरकार ने दिया न्योता अमित शाह बोले एक दो दिन में किसानों से मिलेंगे कृषि मंत्री हिन्द्रस्तान का शीर्षक है नेपाल में संसद भंग अप्रैल मई में चुनाव दैनिक भास्कर ने वायु प्रदूषण से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुये लिखा है वायु प्रद्षण से बीस वर्षो में साढ़े पांच वर्ष घट गई पटना के लोगों की आयु अखबार लिखता है सीवान और वैशाली सबसे अधिक किशनगंज अररिया सबसे कम प्रभावित प्रभात खबर ने आर्थिक समीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है बैंकों के बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए बैड बैंक बनाने की जरूरत आज अखबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखता है पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण को सरकार प्रतिबद्ध कोसी की धार को मोड़ा जायेगा

केन्द्रीय कृषि मंत्री करेंगे बात

और राजधानी पटना सहित प्ररा प्रदेश शीतलहर की चपेट में